सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

उच्च न्यायालय जबलपुर के प्रशासनिक न्यायाधिपति प्रकाश श्रीवास्तव आज इन सभी ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क का ऑनलाइन शुभारंभ करेंगे महिला डेस्क को मुख्य रूप से महिला बच्चे एवं बुजुर्गो को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही करने के लिये निर्देशित किया गया है इसमें उन थानों का चयन किया गया है जहाँ अन्य थानों की तुलना में महिला अपराध अधिक हैं महिला डेस्क के लिये पृथक कक्ष महिला अधिकारी की पद स्थापना एवं प्रसाधन कक्ष की व्यवस्था भी होगी प्रत्येक जिले में महिला डेस्क के नोडल अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक या उप पुलिस अधीक्षक स्तर के होंगे

कोरोना वायरस के संक्रमण में विगत दिनों में हो रही वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा यह निर्देश जारी किये गये हैं

स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी ने दमोह विधानसभा उपचुनाव हेतु स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है इस सूची में पार्टी के केंद्रीय एवं प्रदेश स्तरीय नेता पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हैं स्टार प्रचारकों की सूची में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर थावरचंद गेहलोत प्रहलाद पटेल सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कई प्रमुख नेता शामिल हैं

मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करने के आशय के साथ किया गया विवाह अकृत तथा शून्य होगा

इस अधिनियम के अनुसार नियमों के उल्लंघन से किये गये विवाह से जन्मा कोई बच्चा वैध समझा जाएगा ऐसे बच्चे का संपत्ति का उत्तराधिकार पिता के उत्तराधिकार को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार होगा

उघर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रदेश के मेडिकल कॉलेज के डीन और संबद्ध अस्पतालों के अधीक्षकों से बात करते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि कोविड के दौर में चिकित्सा महाविद्यालयों की रिसर्च विंग संकट से निपटने के लिये विस्तृत रूप से स्टडी करे

इंदौर जिले के सभी वार्डों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण केंद्र खोले जाएंगे इसके अलावा आज से सुपर स्पेशलिटी और एमटीएच अस्पताल में डे केयर सेंटर शुरू करने का भी निर्णय लिया गया

हमारा घर हमारा विद्यालय इंदौर में कोरोना संक्रमण काल में विद्यार्थियों के अध्ययन को निरंतर बनाए रखने के लिए जिले में हमारा घर हमारा विद्यालय योजना चलायी जा रही है इसके तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत शिक्षक अपने घरों के आसपास रहने वाले विद्यार्थियों को एक स्थान पर एकत्र कर कोविड के नियमों का पालन करते हुए पढ़ा रहे हैं

इन ग्रुपों में प्रतिदिन विद्यार्थियों के ज्ञानार्जन के लिये पाठ्यक्रम आधारित ई कन्टेंट प्रसारित किया जा रहा है इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों की शिक्षा की प्रगति के लिये केबल नेटवर्क का प्रयोग करते हुये ई कन्टेंट का प्रसारण किया जा रहा है रेडियो के माध्यम से विभिन्न विशेष कार्यक्रम प्रसारित किये जा रहे है जिनसे विद्यार्थी अपने अपने घरों में रहकर शैक्षिक गुणवत्तापूर्ण श्रवण करते हुये अपने ज्ञान को अद्यतन रखने में सफल रहे है ऑक्सीजन सिलेंडर सरकार ने ऑक्सीजन सिलेंडर ढ़ोने वाले वाहनों के परमिट में छूट इस वर्ष सितंबर तक बढा दी है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक ट्वीट में कहा कि इस निर्णय से राज्यों के बीच ऑक्सीजन की ढुलाई और इन्हें लाने ले जाने में आसानी होगी जिससे कोरोना महामारी से मजबूती से लड़ा जा सकेगा

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आज पुराने वाहन के स्क्रैप के इस संबंध में मोटर वाहन कर में रियायत के मसौदा नियमों को प्रकाशित किया

इस साल पहली अक्टूबर से नियम लागू होना प्रस्तावित है आनलाइन बिल ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बिजली कंपनियों के मुख्यालय जबलपुर में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी एवं मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के कार्यो की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि ऑनलाइन बिजली बिलों के भुगतान की प्रक्रिया सहज व सरल बनाई जाए जिससे कि ग्रामीण उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की कठिनाई न आए उधर मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अपने हाई वैल्यू कंज्यूमर को एक अप्रैल से एचटी उपभोक्ताओं की भांति व्हाट्सएप ई मेल एवं एसएमएस के माध्यम से बिजली बिल मेजेगी

इस दौरान सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी नशामुक्ति की शपथ ग्रहण करेंगे

नमस्कार